केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों में आयकर विभाग के बारह वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी है इनमें संयुक्त आयुक्त रैंक का एक अधिकारी भी शामिल हैं सूत्रों के अनुसार संयुक्त आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के गम्भीर आरोप थे सूची में नोएडा में आयुक्त अपील के पद पर तैनात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी का भी नाम है जिसपर दो महिला आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप है अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए गए एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से तीन करोड़ रूपये से अधिक की चल अचल सम्पत्ति अर्जित की थी

राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिये है इस सत्र के जुलाई माह तक चलने की संभावना है उधर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने सत्र को लेकर तैयारियां किये जाने के निर्देश दिये हैं

इस परिसीमन के बाद राज्य के निकायों में वार्डो की संख्या में बढोतरी होगी राज्य सरकार ने इस संबंध में कल एक अधिसुचना जारी कर दी

वार्डो के पुनर्गठन में विधानसभा की सीमा को नहीं तोड़ने तथा दो विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का एक वार्ड नहीं बनाने और एक वार्ड दो प्रलिस थानो की सीमा में विभाजित नहीं करने के निर्देश दिये गये है हनुमानगढ़ नगर परिषद और जिले की पांच नगरपालिकाओ में वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

इस तरह हनुमानगढ़ को छोड़कर जिले की पांचों नगरपालिकाओं में दस दस वार्ड बढ़ाए गए हैं

वहीं मेडिकल कॉलेजों में दो सौ उनहत्तर चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती भी होगी

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल जयपुर में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव हेमंत गैरा एनएचएम मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा सहित विभागीय आला अधिकारी मौजूद थे

इस निर्णय से प्रदेश के साढे चार सौ से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे वहीं एक अन्य आदेश में सरकार ने जेल अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के वेतनमान में बढोतरी करने के अलावा वरिष्ठ प्रहरी का नया पद सुजित करने की मंजूरी भी दे दी है

वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने फैसला किया है कि अगले वर्ष पहली अप्रैल से देश में इस मानक का पालन करने वाले वाहनों की ही बिक्री और पंजीकरण होगा

जिसका मतलब है कि केवल वही वाहन भारत में पंजीकृत और बेचे जाएंगे जो इन मानकों का अनुपालन करेंगे यह मानक स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है

सभी मृतकों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे की सुचना के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतकों के शव तत्काल मंगाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिये थे अंतिम संस्कार के दौरान प्रभारी मंत्री अर्जुन बामनिया सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे देवस्थान विभाग ने प्रदेश के बडे ट्रस्टों में लगातार आ रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जांच कराने का निर्णय लिया है देवस्थान और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कल उदयपुर में आयोजित विभाग की राज्यस्तरीय बैठक में ये जानकारी दी श्री सिंह ने कहा कि राज्य के बड़े ट्रस्टों में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है जिसकी समिति बनाकर जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

प्रदेश में तेज गर्मी के बढते असर से आम जनजीवन पर विपरीत प्रभाव पडा है

हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में फिलहाल गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नही आ रहे है